केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में कल शाम हिंसा के बाद आज सवेरे दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल से बातचीत की

गृहमंत्री ने इस संबंध में कल दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी बातचीत की और हिंसा की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कराने के आदेश दिये गृहमंत्री कार्यालय ने बताया है कि संयुक्त पुलिस आयुक्त स्तर का अधिकारी इस मामले की जांच करेगा पुलिस के अनुसार इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है पुलिस ने कल विश्वविद्यालय में फ्लैग मार्च किया और अब स्थिति सामान्य है मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा की निंदा की है उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और गहरी चिंता का विषय है उन्होंने विद्यार्थियों से परिसर में शांति और विश्वविद्यालय की गरिमा बनाये रखने की अपील की है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा की घटना की कड़ी निंदा की है बाइट जेएनयू में जो कल हिंसा हुई उसकी हम भर्त्सना करते हैं कुछ कांग्रेस कम्युनिस्ट आम आदमी पार्टी और कुछ तत्व जानब्रझ कर देश भर में और खासकर विश्वविद्यालयों में हिंसा का माहौल तैयार करना चाहते हैं और इसीलिए इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट में जेएनयू परिसर में हिंसा की कडी निंदा की है विश्वविद्यालय परिसर में कल रात विद्यार्थियों के दो गुटों के बीच झड़पें हुई थीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में कल देर सायं हुई हिंसा और छात्रों के बीच मारपीट को निंदनीय बताते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की है बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि केन्द्र सरकार को इस घटना को अति गंभीरता से लेना चाहिए

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपन ट्वीट में कहा है कि जिस तरह नकाबपोश अपराधियों ने छात्रों और अध्यापकों पर हमला किया वह बेहद निंदनीय है

केन्द्रीय कपड़ा और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जेएनयू परिसर में हुई मारपीट आर हिंसा को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाये वह आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक कार्यकम में बोल रही थी उन्होंने कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों को राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए इसका उनके जीवन पर बुरा असर पड़ता है उन्होंने कहा है कि शिक्षा संस्थानों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए बाइट शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाये इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है उनकी प्रगति पर असर पड़ता है मैं आशावादी हूं कि राजनीति का अखाड़ा और राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल छात्रों को नहीं किया जायेगा श्रीमती ईरानी ने अपने अमेठी प्रवास के दौरान रैन बसेरों का शुभारम्भ किया और निराश्रित लोगों को कंबलों का वितरण किया केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फाइनेंशियल टाइम्स में छपे एक लेख को निम्न स्तर की रिर्पोटिंग बताया है उन्होंने कहा कि इसके लेखक को देश की पूरी समझ नहीं है ट्वीटर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश के टुकड़े होने की भविष्यवाणी करना बंद किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत विविधतापूर्ण लोकतंत्र है और सभी मतभेदों को समाहित कर हमेशा सशक्त होकर उभरा है श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में सभी विश्वविद्यालय और संस्थान धर्मनिरपेक्ष हैं

प्रदेश में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान का द्वितीय चरण आज से शुरू हो गया इस अभियान के अन्तर्गत बच्चों में दस प्रकार की जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके लगाये जा रहे हैं यह अभियान सोलह जनवरी तक चलाया जायेगा हरदोई जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी ने अभियान की श्ररूआत की

प्रधानमंत्री मोदी के बच्चों और माताओ को स्वस्थ्य रखने के संकल्प को सम्पूर्ण और नियमित टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देकर प्ररा किया जा सकता है अभय शंकर गौड़ आकाशवाणी समाचार हरदोई

बलिया सहित विभिन्न जनपदों से मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण के शुरू होने के समाचार हैं केन्द्रीय पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालयान ने कहा है कि देश के मुसलमानों को सीएए से कोई भी खतरा नहीं है यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जो शरणार्थी हैं आम भारतीय नागरिकों से इस कानून का कोई मतलब नहीं है

उन्होंने कहा कि इस कानून से पोड़ित लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा होगी विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय में भ्रम फैलाकर उन्हें उकसाने का काम किया है यह कानून नागरिकता देने के लिए है नागरिकता लेने के लिए नही प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी ने आज अयोध्या में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा उन्होंने कहा नागरिक संशोधन कानून भारत में नागरिकता देने के लिए है न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए उन्होंने कहा कि विपक्षो दल अपने राजनीतिक स्वार्थो के लिए लोगों में इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि एन डी ए सरकार व्यापारिया के हितों की सुरक्षा और कारोबार करने को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है नई दिल्ली के रामलीला मैदान में तीन दिन के राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री ने यह बात कही

हमारी सरकार आप के हितों पर किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देगी इस सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय व्यापारी संघ ने किया है सम्मेलन में व्यापारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जायेगा प्रदेश में बाणसागर नहर परियोजना से लगभग डेढ़ लाख हेक्टयर सिंचाई क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई है

सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि जनपद मिर्जाप्र और प्रयागराज में लगभग एक लाख सत्तर हजार किसानों को इस परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है इन दोनों जनपदों में डेढ़ लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की इस परियोजना से वृद्धि हुई है वाणसागर नहर परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत शामिल है कन्नौज जनपद का बहोसी पक्षी विहार आज कल विदेशी मेहमान परिंदों से गुलजार है दो सौ छियत्तर एकड़ में फैली इस झील में बड़ी संख्या में भांति भांति के पक्षी दर्शकों को लुभा रहे है एक रिपोट डिस्पैच गौरतलब है कि मेहमान परिंदे मार्च तक रहेंगे और तापमान बढ़ते ही विदेशी परिंदे स्वदेश वापस लौट जाएंगे साइबेरिया लद्दाख तिब्बत चीन यूरोप व मध्य एशिया से ग्रे लैगूज पिनटेल कॉमन पोचर्ड टफटेड पोचर्ड साबलर गैडवाल कूट कॉमन टील ब्लैक आइविस कॉटन पिगमीगूज विजन टोनी ईगल ग्लोसी आइविस रेड क्रेस्टर्ड पोचर्ड व सुर्खाब सहित अन्य कई प्रजातियों के मेहमान परिंदे आ चुके हैं